विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब कर यह विरोध दर्ज कराया गया है बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की यह हरकत खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पर भारत की आतंकरोधी एहतियाती कार्रवाई के बिलकुल विपरीत है पाकिस्तानी उच्चायुक्त को बताया गया है कि भारत को किसी भी आक्रमण या सीमा पार आतंकवाद की कार्रवाई के विरुद्व अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सम्प्रभुता और भौगोलिक एकता के सरक्षण के लिए कोई भी कठोर और निर्णायक कदम उठाने का अधिकार है भारत ने मांग की है पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ तत्काल प्रमाणिक कार्रवाई करे भारत ने हवाई संघर्ष के बाद पाकिस्तान में हिरासत में लिए गए भारतीय वायु सेना के पायलट की तत्काल सुरक्षित रिहाई की मांग की अमरीका ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजे ताजा प्रस्ताव में पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद के सरगना को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का आग्रह किया फ्रांस कल सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद मसुद अजहर पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखेगा इस प्रक्रिया से मसूद अजहर अंतर्राष्ट्रीय यात्राए नहीं कर सकेगा उसकी परिसम्पतियां जब्त कर ली जाएगी और उसके हथियार रखने पर रोक लग जाएगी सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति ने इन तीन सदस्यों की ओर से मिले ताजा प्रस्ताव पर विचार के लिए दस कार्यदिवस की अवधि तय की है संयुक्त राष्ट्र में दस साल में चौथी बार अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने का प्रस्ताव आया है संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने भारत और पाकिस्तान से कहा है कि ये सार्थक बातचीत के लिए तुरंत कदम उठाएं उन्होंने दोनों देशों की सरकारों से अपील की है कि वे अधिकतम संयम बरतकर यह सुनिरिचत करें कि स्थिति और खराब न हो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश को अस्थिर करने की दुश्मन की कार्रवाई पर राष्ट्र एकजुट है वह आतंकी हमले कर भारत की प्रगति को रोकना चाहता है द्रश्मन भारत को अस्थिर करने की साजिश करता है उन्होंने कहा कि भारत एकजुट होकर काम करेगा आगे बढ़ेगा और एकजुट होकर लड़ेगा और जीतेगा देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि देश को अपने सुरक्षाबलों पर भरोसा है श्री मोदी ने कहा कि देश अपनी रक्षा करने वाले सैनिकों का आभारी हैं जिनकी वजह से भारत विकास के नए स्तर पर पहुंच सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा देश सेना के साथ है और दुनिया भारत की दृढ़ इच्छाशक्ति को देख रही है लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दो हजार चौदह का चुनाव लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जनादेश था और दो हजार उन्नीस का चुनाव लोगों की आकांक्वाएं पूरी करने के लिए होगा श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए कहा कि आम चुनाव में एक छोटी सी गलती भी देश को फिर से थ्रष्टाचार और घोटालों के युग में ले जाएगी प्रधानमंत्री ने देश के आर्थिक विकास की चर्चा करते हुए कहा कि एनडीए सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दशकों से उपेक्षा के चलते विकास की दौड़ में पीछे छूट चुके अमेठी जिले का कायाकल्प किया जायेगा मुख्यमंत्री आज अमेठी में तीन मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा करने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री तीन मार्च को जिले से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री अमेठी के गौरीगंज में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मेरा वृथ सबसे मजबूत वीडियो काफ्रेंसिंग कार्यक्रम में भी शामिल हुये केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने नमामि गंगे अभियान के लिये भारतीय तेल निगम की ओर से चौंतीस करोड़ रूपये दिये हैं केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह राशि स्वीकार करते हुए कहा कि इस अभियान में गंगा की करीब चालिस सहायक नदियों की सफाई भी की जायेगी श्री गडकरी ने कहा कि सरकार तेरह महीने के अन्दर गंगा को पूरी तरह स्वच्छ बनाने के प्रति वचनबद्व है हरदोई जिले के शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र में एक चारपहिया वाहन और बाईक की टक्कर में तीन बाईक सवार युवकों की मौत होने की खबर है पुलिस सूत्रों ने बताया कि तीनों बाईक सवार शाहजहांपुर में एक विवाह समारोह में हिस्सा लेने के बाद लौट रहे थे दुर्घटना के बाद तीनों युवकों को पुलिस अस्पताल लेकर गई जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया